निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार नामांकन कक्ष में प्रत्याशी के साथ अधिकतम चार लोग ही पर्चा दाखिल करने अंदर जा सकेंगे जबकि प्रत्याशी के साथ आए समर्थकों को उपायुक्त कार्यालय से सौ मीटर दूर रखा जाएगा

नामांकन दाखिल करने के एक दिन पहले उम्मीदवारों को अपना नया बैंक खाता खुलवाना होगा और इसकी जानकारी नामांकन के समय देनी होगी प्रचार प्रदेश में आज से अधिसूचना जारी होने के साथ ही सभी पार्टियों की चुनावी गतिविधियों में तेजी आ जाएगी भाजपा के चुनाव प्रचार की कमान वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सम्भाल ली है जबकि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह राज्य में कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं वहीं माकपा एक मात्र संसदीय क्षेत्र मंडी से अपना प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारेगी जिसके लिये माकपा नेताओं ने भी चुनाव प्रचार तेज कर दिया है सतपाल सत्ती प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती आज सुबह दस बजे से पुनः चुनाव प्रचार कर सकेंगे

उल्लेखनीय है कि गत दिनों कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर चुनाव आयोग ने उनके चुनाव प्रचार पर रोक लगाने का निर्णय लिया था अवॉर्ड सोलन के ज़िला निर्वाचन अधिकारी विनोद कुमार ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान सर्वाधिक मत प्रतिशतता वाले मतदान केन्द्र के बूथ लेवल अधिकारी को अवॉर्ड प्रदान किया जाएगा

परीक्षा परिणाम प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड दस जमा दो का परीक्षा परिणाम आज घोषित करेगा

उन्होंने बताया कि मूल्यांकन और अन्य औपचारिकताएं पूरी होने के बाद आज परिणाम घोषित कर दिया जाएगा साइकिल रैली हीरो एमटीबी साईकिल रैली कल शिमला में सम्पन्न हुई शिमला के डेविड कुमार ने लगातार तीसरी बार इस साइकिल रैली में जीत हासिल की

प्रदेश में आज जारी होने वाली अधिसूचना पर अमर उजाला ने शीर्षक दिया है हिमाचल में नामांकन आज से चार जगह दाखिल होंगे पर्चे दैनिक जागरण के शब्द हैं प्रदेश की चार संसदीय सीटों के लिये आज जारी होगी अधिसूचना दैनिक सवेरा टाइम्स लिखता है हिमाचल में नामांकन प्रक्रिया आज से जबकि आपका फैसला के अनुसार हिमाचल में लोकसभा चनुाव के लिये नामांकन आज से निर्वाचन आयोग ने कैदियों को पैराल पर न भेजने के दिये निर्देश पंजाब केसरी की एक खबर है

दिव्य हिमाचल लिखता है आज सुबह दस बजे से प्रचार कर सकेंगे सत्ती खुले रोहतांग सुरंग के द्वार सैकड़ों हुए आर पार शीर्षक से पंजाब केसरी लिखता है रंग लाई प्रशासन की मुहिम बीआरओ ने दी अनुमति आपका फैसला लिखता है नौणी यूनिवर्सिटी ने तैयार किया अंतर्राष्ट्रीय स्तर का किवी फल अमर उजाला की सुर्खी है सेब पर कहर बनकर गिरे ओले करोड़ों की फसल हो गई तबाह जबकि आपका फैसला के अनुसार शिमला के पहाड़ी इलाकों में भारी ओलावृष्टि मैदानों में खिली रही धूप